आज मासिक रेडियो कार्यक्रम लोकवाणी की पांचवीं कड़ी में आदिवासी विकास हमारी आस विषय पर प्रदेश की जनता से सीधा संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में वनोपज के कारोबार से पचास हजार महिलाओं को जोड़ा जाएगा इसके अलावा परम्परागत् वैद्यों के ज्ञान को भी सहेजने का काम किया जाएगा

परम्परागत वैद्यकीय ज्ञान भी छत्तीसगढ़ के वन अंचलों की विशेषता है इस कौशल को लम्बे अरसे में न तो मान्यता मिली और न सुविधा जबकि जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों को लेकर कोई संदेह नहीं है

मुख्यमंत्री ने लोकवाणी कार्यक्रम के जरिये अपने विचारों को साझा करते हुए कहा कि प्रदेश में आदिवासियों की संस्कृति परम्परा और उनके योगदान ने छत्तीसगढ़ को विशेष पहचान दी है मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी का दायरा भी बढ़ाया है पहले सिर्फ सात वनोपज की खरीदी हुआ करती थी अब पंद्रह वनोपजों की खरीदी की जा रही है इसके साथ ही रंगीनी लाख कुल्लू गोंद और कुसमी लाख पर अतिरिक्त बोनस देने का भी इंतजाम किया गया है

जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया सरल की गई है अब पिता की जाति के आधार पर नवजात को जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं जिन निर्दोष लोगों को झूठे मामलों मुकदमों में फसाया गया था उन्हें न्याय दिलाने के लिए जस्टिस पटनायक आयोग काम कर रहा है सारकेगुड़ा में न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन भी प्राप्त हो गया है मैं आश्वस्त करता हूं कि दोषियों के विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जाएगी मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में कहा कि राज्य सरकार ने पहली बार अबूझमाड़ का राजस्व सर्वे करने का निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राथमिकता से यहां सड़क बिजली पानी अस्पताल और शिक्षा जैसी मुलभुत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी लोक कलाओं की देश दुनिया में पहचान स्थापित करने के लिए आगामी सत्ताईस अट्ठाईस और उनतीस दिसंबर को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन राजधानी रायपुर में किया जाएगा नगरीय निकाय चुनाव नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रदेश में ग्यारह हजार छह सौ चालीस प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं वहीं चौरासी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए नामांकन पत्रों की जांच के बाद राजधानी रायपुर में सबसे अधिक एक हजार इकयासी प्रत्याशियों के नामांकन और बीजापुर तथा नारायणपुर में सबसे कम तिरपन नामांकन पत्र सही पाए गए हैं नाम वापस लेने की अंतिम तिथि कल नौ दिसंबर है इसके बाद निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी साथ ही उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्हों का आवंटन भी किया जाएगा बातों बातों में श्रोताओं समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार विकास दर बढ़ाने और आर्थिक विकास तेज करने के लिए कोन्द्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर केंद्रित रहेगा इस बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की जाने माने विश्लेषक डॉक्टर सुशील त्रिवेदी से इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा

रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल ज्यादा फसल हुई है इसलिए सरकार को एक करोड़ मीटरिक टन धान की खरीदी करनी चाहिए जबकि सरकार कम से कम धान खरीदने की कोशिश कर रही है खाद्य सचिव धान खरीदी राज्य सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि प्रदेश में किसानों से धान खरीदी की कोई सीमा तय की गई है आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्य के खाद्य सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने बताया कि छोटे बड़े सभी किसानों से उनके पंजीकृत रकबे के अनुसार प्रति एकड़ पंद्रह क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी की जाएगी उन्होंने बताया कि यह खरीदी अगले साल पंद्रह फरवरी तक चलेगी और सभी किसानों को अपनी उपज बेचने का पूरा अवसर दिया जाएगा

खाद्य सचिव ने यह भी बताया कि सरकार दूसरे प्रदेशों से अवैध तरीके से धान को छत्तीसगढ़ लाकर खपाने वाले बिचौलियों और कोचियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है अब तक इस तरह के दो हजार से अधिक मामले सामने आए हैं जिनमें दो हजार एक सौ अड़तीस कोचियों के खिलाफ कार्रवाई कर लगभग तीस हजार टन अवैध धान की जब्ती की गई है खाद्य सचिव ने बताया कि धान खरीदी शुरू होने के बाद बीते एक सप्ताह में सात लाख मीटरिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है और किसानों को सात सौ करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है कांग्रेस भारत बचाओ अभियान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आगामी चौदह दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाले भारत बचाओ अभियान कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल होंगे प्रदेश कांग्रेस महामंत्री शैलेष नितिन त्रिवेदी ने आज राजधानी रायपुर में आयोजित पत्रकारवार्ता में बताया कि पांच हजार से अधिक कार्यकर्ता इस अभियान में भाग लेने दिल्ली जाएंगे उन्होंने बताया कि पच्चीस सौ कार्यकर्ता बारह दिसंबर को दुर्ग से रवाना होकर रायपुर भाटापारा अनूपपुर कटनी होते हुए तेरह दिसंबर को दिल्ली पहुंचेंगे उन्होंने बताया कि किसान और अन्य कांग्रेसजन अपने साधनों से दिल्ली जाएंगे राज्य स्तरीय आंकलन प्रदेश में हिन्दी और सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम के सभी सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक की कक्षाओं के छात्रों का राज्य स्तरीय योगात्मक आंकलन कल से किया जाएगा जो चौदह दिसम्बर तक चलेगा इस आंकलन और मूल्यांकन कार्य के संचालन के लिए निरीक्षण कर सुझाव देने डाटा प्रविष्टि संकलन कार्य का निरीक्षण कर सुझाव देने टास्क फोर्स का गठन किया गया है गौरतलब है कि राज्य स्तरीय आंकलन का उद्देश्य शालाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कक्षा कक्ष में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाना है दिव्यांग सम्मेलन दिव्यांगजनों के समावेशी विकास की रणनीतियों पर चर्चा के लिए कल से रायपुर में तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होप का आयोजन किया जाएगा राज्यपाल अनुसुईया उइके इस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगी इस सम्मेलन में दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा रोजगार और उनकी असमान्यताओं के संबंध में लोगों को होने वाली भ्रांति के बारे में चर्चा की जाएगी साथ ही इस दिशा में दूसरे देशों में हो रहे नवाचार तौर तरीके और अनुभवों को भी साझा किया जाएगा सम्मलेन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ भी अपने विचार व्यक्त करेंगे एथलीट सीएम बधाई पंजाब में आयोजित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी अर्जुन कुमार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल मंत्री उमेश पटेल ने बधाई दी है गौरतलब है कि एथलीट अर्जुन कुमार ने पंजाब के संगरूर में बीते चार से आठ दिसंबर तक आयोजित राष्ट्रीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता के हर्डल्स इवेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है अर्जुन कुमार जगदलपुर में कक्षा आठवीं के छात्र हैं

वहीं समिति प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है